बैठक में कलेक्टरों के अलावा कई विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख शासन सचिव और सचिवों ने भी भाग लिया ये सभी कलक्टर प्रदेश निर्वाचन विभाग की ओर से हए प्रशिक्षण में शामिल होने आये थे मुख्य सचिव ने कलक्टरों से सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली

राज्य सरकार इस दौरे के साथ प्रधानमंत्री की एक आम सभा करवाने की भी तैयारियां कर रही है

श्रीमती माहेश्वरी कल राजसमन्द जिला मुख्यालय पर साधना शिखर पहाड़ी पर स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तहत नवनिर्मित प्रयोगशाला भवन के लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रही थी

इस प्रयोगशाला से गुणवत्तायुक्त पेयजल के लिए पानी की क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर द्वारा रसायनिक जांच की जा सकेगी

श्री गहलोत कल कोटा में को एडिप योजना के तहत दिव्यांगों के निःशल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में बोल रहे थे

झालरापाटन को घर घर कचरा संग्रहण साफ सफाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है

इसके पश्चात रक्तदान शिविर आयोजित किया गया वहीं आज जिलेभर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

शिविर में प्रशासनकी ओर से चिकित्सा श्रम वन पंचायतीराज विभाग सामाजिक न्याय विमाग महिला और बालविकास परियोजनाओं से जूड़ी स्टॉले लगाकर आमजन को राहत प्रदान की गई शिविर में वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना प्रधानमंत्री आवासयोजना विद्यार्थियों को लैपटॉप आदि के चैक वितरित किए गए

भीलवाड़ा जिले में सुबह से बरसात का दौर जारी है शहर में एक घंटे की बारिश से ् सड़कों पर पानी भर गया

बूंदी में तेज अंधड़ के दौरान एक दीवार डहने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई

वहीं बांसवाड़ा में शेरगढ़ के बेडाउ गाँव में देर रात मोबाईल चार्जिंग के दौरान करंट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई